मिलावटखोरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर प्रकार की मिलावटी सामग्री के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा साथ ही मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा तथा मौजूदा कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा

बैठक में विभिन्न विभगों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध एवं दूध से बनी सामग्रियों मिठाइयों अन्य खादय सामग्रियों के निरंतर नमूने लेकर जांच एवं कार्रवाई की जाये उन्होंने त्यौहारों के अवसरों पर सघन कार्रवाई चलाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

इसके लिये राज्य सरकार विशेष त्यौहार अग्रिम योजना लागू करने जा रही है

राज्य शासन के इस निर्णय से त्यौहार मौके पर जहां एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी राज्य शासन ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिये हैं आत्मनिर्भर प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के सपने को धरातल पर उतारना ही हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है

श्री चौहान ने सभी विभागों से इन लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने की दिशा में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये है मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के क्रियान्वयन के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग प्रमुखों से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा मोदी गोलमेज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्याम से अध्यक्षता करेंगे सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत अवसंरचना कोष ने किया है यह वैश्विक संस्थागत निवेशकों भारतीय व्यापार प्रमुखों भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट संवाद का मंच है

मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की जानकारी देते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अपेक्षा के मुकाबले कहीं तेज रफ्तार से पटरी पर आ रही देश की अर्थव्यस्था पर भी चर्चा की ऐसे कई संकेत मिले हैं जो बहुत अनुकूल हैं इस साल अक्टूबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा है श्री जावडेकर ने कहा कि कृषि क्षेत्र और रेलवे की ओर से कम मांग के बावजूद बिजली की मांग में बारह प्रतिशत की बढ़ोतरी हई है जीएसटी पिछले साल के अक्टूबर में जितना मिला था उससे ज्यादा जो इनपुट यूज करते हैं उस पाबंदी के लिए उसकी खरीद भी बढ़ी है स्टील और अन्य क्षेत्रों में एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और मांग भी बढ़ी है रेलवे माल ढुलाई में भी आय बढ़ी है

अच्छी बात यह है कि बीते कई दिनों से राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से अधिक है

रात के बाद अब दिन के पारे में भी गिरावट आने से सर्दी का असर बढने लगा है रात से अलसुबह तक सर्दी की अधिकता बढ़ती जा रही है जिसका असर अभी से दिनचर्या पर दिखाई देने लगा है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसके असर से ग्वालियर चम्बल संभाग समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी एक सप्ताह में ठंड का असर और तेज हो जाएगा

नमस्कार